कैथल में सिख विद्वान भाई संतोख सिंह चूड़ामणि की प्रतिमा का म्ख्यमंत्री ने किया अनावरण

यम्नानगर जगाधरी टिवन सिटी को अत्याध्निक शहर बनाने के लिये पौने दो करोड़ रूपये खर्च किये जायेंगे

उन्होने एक प्रदर्शनी का अवलोकन किया जिसाक थीम रबाव से नगाड़ा है जिसका तात्पर्य है कि ग्रू नानक रबाब बजाकर अपना संदेश देते थे और दसवें ग्रू गोबिंद सिंह नगाड़े के जरिये म्ख्यमंत्री ने प्रदर्शनी पड़ाला में हरियाणा उर्द् अकादमी दवारा प्रकाशित पांच प्स्तकों का विमोचन भी किया उन्होंने ग्रू नानक देव जी का हक्नामा कैलेंडर का भी विमोचन किया राज्य स्तरीय समारोह को सम्बधित करते हुये मनोहर लाल ने प्रकाशोत्सव की बधाई दी और कहा कि महाप्रूषों की शिक्षा समाज को आगे बढ़ाती है

उन्होंने जिला प्रशासन को सिक्ख समाज की धर्मशाला के निर्माण हेत् भूमि चयन करने का निर्देश भी दिया

म्ख्यमंत्री ने बाबा बंदा बहाद्र की राजधानी लोहगढ़ में विशेष स्मारक बनाने सरकार द्वारा मार्शल आर्ट स्कूल बनवाने बाबा फतेह सिंह के नाम पर असंध में कालेज का नामकरण करने करनाल का प्रवेश दवारा ग्रू नानक दव जी के नाम पर बनाने की घोषणायें भी गिनवाई म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने कैथल में लगाई संत चूड़ामणि भाई संतोख सिंह की प्रतिमा का अनावरण सिरसा से रिमोट के जरिये किया इस अवसर पर भाजपा के प्रदेशअध्यक्ष स्भाष बराला व प्रदेश सरकार के कई मंत्री विधायक आदि उपस्थित थे

ऐतिहासिक ग्रूद्वारा टोका साहिब के प्रधान सतनाम भाटिया ने इस समारोह को आयोजित करने को लेकर राज्य सरकार की प्रंशसा की म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि जींद में पानी को लेकर धरना दे रहे किसानों की समस्या को राज्यमंत्री बेदी कमेटी द्वारा हल कर दिया गया है इस कमेटी का अंतिम निर्णय कल करनाल के लोक निर्माण विश्राम गृह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल राज्यमंत्री कृष्ण बेदी सिंचाई विभाग के एसीएस अन्राग रस्तोगी जींद के उपाय्क्त डा॰ आदित्य दहिया व धरने पर बैठे किसानों में से धरोदी के किसान अमित यशपाल बेलरखा के सतबीर फरैनकलां के ईश्वर व कर्मगढ़ के सतपाल की उपस्थिति में हआ राज्यमंत्री कृष्ण बेदी ने बैठक के बाद बताया कि जो किसान पिछले कईं दिनों से धरने पर बैठे थे उनके साथ बातचीत हो गई है

हरियाणा के जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री डा बनवारी लाल ने एम्स संघर्ष समिति रेवाडी के पदाधिकारियों से आहवान किया है कि वे धरने पर बैठने की जल्दबाजी न करके सरकार को थोडा समय दें क्योंकि जल्द ही इस मामले में सब क्छ ठीक हो जाएगा डा बनवारी लाल ने यह बात आज एम्स संघर्ष समिति रेवाडी हरियाणा के अध्यक्ष के नाम लिखे एक पत्र के माध्यम से कही

हरियाणा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम को आउटल्क पोषण एवार्ड प्रस्कार की नीति और शासन शासन श्रेणी में विजेता घोषित किया गया है ये प्रस्कार स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त म्ख्य सचिव राजीव अरोड़ा व हरियाणा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन निदेशक अमनीत पी क्मार ने प्राप्त किया श्री अरोड़ा ने ये जानकारी देते ह्ये बताया कि प्रोजेक्ट कंसर्न इंटरपोल पीसीआई ने इंडिया नोलेज पार्टनर के साथ आउटल्क ग्रप ने एक वेब पोर्टल आउट ल्क पोषण आल एवाउट न्यूट्रिशन लॉच किया है जिसका उद्देश्य पोषण के क्षेत्र में अच्छा परिवर्तन लाना है यम्नानगर जगाधरी टिवन सिटी को अत्याध्निक शहर बनाने के लिए नगर निगम भरसक प्रयास कर रहा है

महापौर चौहान ने बताया कि यम्नानगर क्षेत्र मे निगम के करोड़ो रूपयों के कार्यप्रगति पर है

आज सोनीपत मे आयोजित ह्ई विभिन्न बैठकों में श्री भट्ट ने शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन म्ख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार राजीव जैन आदि पदाधिकारियों से संवाद किया उन्होंने कहा कि लोकसभा च्नाव में भाजपा को प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता एवं कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत सफलता मिली है जिसे हरियाणा में अक्तूबर में विधानसभा चुनाव के दौरान दोहराना है श्री भद्द ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता आधारित एव राष्ट्रवाद की विचारधारा पर आगे बढ़ने वाली पार्टी है